हिसार रोहतक यम्नानगर पानीपत और करनाल नगर निगमों के मेयरों और सभी वार्डो के सदस्यों के लिए नामांकन पत्रों की प्रक्रिया प्री हो गई है करनाल व ग्रूग्राम के बाद अब दूसरे चरण में अन्य क्षेत्रों में भी स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जायेंगे संसद का शीतकालीन सत्र मंगलवार से श्रू हो जायेगा

म्ख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में मंडी सिस्टम प्रे देश में बेहतर है उन्होंने मार्केट कमेटी के चेयरमैन व वाइस चेयरमैनों से आहवान किया कि वे किसानों के सामने आने वाली परेशानियों को दूर करने में सहयोग करने के साथ साथ किसानों को जागरूक भी करें ताकि उनको फसलों का लाभकारी मूल्य मिल सके

म्ख्यमंत्री चंडीगढ़ में मार्केट कमेटी के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के साथ सीधा संवाद कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत गठित हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता भी की म्ख्यमंत्रीने कहा कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के समन्वय से किसानों की आय दोग्नी करने में अहम भूमिका अदा करेगा पांच नगर निगमों हिसार रोहतक यम्नानगर पानीपत और करनाल के मेयर तथा सभी वार्डो के सदस्यों और नगरपालिकाओं जाखल मण्डी तथा प्ण्डरी के सदस्यों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने छंटनी और नाम वापस लेने की प्रक्रिया प्री हो गई है

हरियाणा में पांच नगर निगमों के नामांकन का काम खत्म होने के बाद अब प्रचार में तेजी आ गई है हिसार में भारतीय जनता पार्टी सांसद राजकमार सैनी ने अपनी पार्टी लोक तंत्र स्रक्षा मंच के मेयर पद के प्रत्याशी के पक्ष में रैली की उन्होंने पूर्व पांच जाट मुख्यमंत्रियों पर भी निशाना साधा नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि इन मुख्यमंत्रियों ने सदैव अपने ही समाज की भलाई का कार्य किया जिस कारण दुबे क्चले लोग आज तक समाज की म्ख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों द्वारा च्नाव के उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की कोई सीमा नहीं है आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी दवारा जारी परमिट की मूल प्रति वाहनों की विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित की जानी चाहिए परमिट में वाहन का नम्बर परमिट जारी करने की तिथि उम्मीदवार का नाम और उस क्षेत्र का उल्लेख होना चाहिए जहां इसे प्रचार के लिए उपयोग किया जाएगा

विधायक ने गांव स्खदर्शनप्र में उपस्थित जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि कि इन विकास परियोजनाओं से लोगों को सीधा लाभ मिलना श्रू हो गया है श्री ग्प्ता ने कहा कि म्ख्यमंत्री की सोच है कि गांवों में शहर जैसे ही विकास कार्य हों और नागरिकों को मूलभूत स्विधाएं शहरों के समान मिले ओड़िसा के भ्वनेश्वर में चल रहे प्रूषों के हाकी विश्व कप में इस समय मलेशिया का म्काबला जर्मनी से चल रहा है अंतिम समाचार मिलने तक मलेशिया ने दो गोल और जर्मनी ने चार गोल करके बढ़त बनाई हई हे द्सरा मैच अब से क्छ देश बाद शाम सात बजे पाकिस्तान और नीदरलैंड के बीच होगा

करनाल व ग्रूग्राम के बाद अब द्रसरे चरण में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी स्मार्ट बिजली मीटर लगाये जायेंगे बिजली निगम के सी एम डी शत्र्जीत कपूर ने रोहतक में बताया कि करनाल व ग्रूग्राम में दस लाख स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है स्मार्ट मीटर में प्रीपेड व पोस्टपेड बिल की स्विधा है

संसद का शील कालीन सत्र मंगलवार से श्रू होगा

सरकार ने कल सर्व पार्टी मीटिंग ब्लाई है जिसमें सभी पार्टियों से दोनों सदनों के सत्र निविरोध चलाने के लिए सहयोग मांगा जायेगा राज्यसभा अध्यक्ष वैंकेया नायडू ने भी कल ही सर्वदलीय बैठक का आहवान किया है सभी विरोधी पार्टियों के नेता भी अपनी रणनीति के बारे चर्चा करेंगे लोकसभा स्पीकर स्मित्रा महाजन सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से मंगलवार को मिलेगी ताकि लोकसभा की कार्यवाही स्चारू ढंग से चलाना स्निश्चित किया जा सके

एचटेट परीक्षा पांच व छ जनवरी को होगी बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह ने बताया कि बोर्ड ने पहली बार दिव्यागों के लिए गृह जिला में परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला लिया है महिलाओं को मंगल सूत्र व सिक्खों के लिए अपना चिह्न परीक्षा केंद्र में ले जाने पर छ्ट होगी एचटेट पास होने के बाद भी अंग्रठों के मिलान को लेकर आने वाली परेशानी व नौकरी के दौरान बनने वाली बाधा के सवाल पर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि इसका स्थाई समाधान निकाला गया है इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में आज राज्य में मेयर के चूनावों के लिए पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई मेयर च्नाव पर बोलते हए अभय सिंह नेता विपक्ष ने कहा कि जिस प्रकार मेयर के च्नाव बसपा के साथ गठबंधन में लड़े जा रहे हैं उसी तर्ज पर वह चाहते हैं कि ब्लॉक और जिला परिषद के च्नाव भी इनेलो बसपा गठबंधन में लड़ें

प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने कहा कि मेयर के च्नावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय इनेलो ने इस बात का ध्यान रखा है उम्मीदवारों का चयन भाईचारे पर आधारित सिद्धांत पर किया है भिवानी से भाजपा के विधायक अपने साथियों के साथ एक अनोखा निमंत्रण पत्र में ईंट को बैग में डालकर जनता को दे रहे है

इस ईंट पर अग्रसेन लिखा हुआ है